उन्होंने कहा है कि हमारे सैनिक बाहरी खतरों से सुरक्षा करके हमारी स्वाधीनता सुनिश्चित करते है राष्ट्रपति ने कहा कि जब हम उनके लिए बेहतर हथियार उपलब्ध कराते है स्वदेश में ही रक्षा उपकरणों के लिए सप्लाई चेन विकसित करते है और सैनिकों को कल्याणकारी सुविधाए प्रदान करते है तब हम अपने स्वाधीनता सैनानियों के सपनों का भारत बनाते है श्री कोविंद ने कहा कि किसान देश के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराके हमारी आजादी को शक्ति प्रदान करते है जब हम उनकी पैदावार और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए आधुनिक टेक्नॉलोजी और अन्य सुविधाएम उपलब्ध कराते है तब हम स्वाधीनता सैनानियों के सपनों का भारत बनाते है राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि गांधीजी मानते थे कि हमे प्रर्वाग्रहो से मुक्त होकर नए नए विचारों के लिए अपने मस्तिक की खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिए यह स्वदेशी की उनकी अपनी सोच थी श्री कोविंद ने कहा कि दुनिया के साथ हमारे संबंधो को परिभाषित करने में हमारी अर्थव्यवस्था स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक आकांक्षाओं और नीतिगत विकल्पों के चयन में स्वदेशी के यह सोच आज भी प्रसंगिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है एक हिंदी दैनिक को साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि सरकार का मानना है कि किसी भी लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार और आकांक्षाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इन्हें प्ररा करना बुनियादी लक्ष्य है उन्होंने कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के लिए अनेक वायदे किए गए थे लेकिन पहली बार किसी सरकार ने इसे प्ररा करने का साहस दिखाया श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने की दिशा में काम कर रही है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और लोगों का पैसा केवल विकास पर खर्च हो रहा है भीड़ की हिंसा की हाल की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने कल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित तथा पीनेयोग्य जल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए दो मोबाईल जल परीक्षण प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई श्री खांडू ने कहा कि लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित अत्याध्रनिक सुविधाओं से लैस यह मोबाईल लैब राज्य भर में यात्रा करते हुए पानी के नमूने की गुणवत्ता मानको का स्थान पर ही परीक्षण करेगा पानी की गुणवत्ता की परीक्षण के अलावा ये मोबाइल लैब स्वच्छ पेयजल पर जागरुकता भी फैलाएगा राष्ट्र कल बहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित किया जाएगा राजधानी जिला उपायुक्त प्रिंस धवन ने बताया कि कल होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्य के विभिन्न जनजाति और स्कूल से सांस्कृतिक टोलियों सहित मेघालय से एक दल भी प्रदर्शन करेगा वहीं परेड में स्कूली बच्चों और वर्दीधारी कर्मियों समेत कुल तेईस परेड दल मार्च पास्ट करेंगे इधर राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रभकामनाएं दी है अपने संदेश में राज्यपाल ने देश के बेहतर भविष्य के लिए भ्रष्टाचार गरीबी भेदभाव और आंतरिक एवं बाहरी असुरक्षा से मुक्त देश की भावना के साथ एकजुट खड़े रहने को कहा राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से राज्य सरकार के विकासात्मक प्रयासों में अपना सहयोग देंगे और अरुणाचल प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश बनाने की भी अपील की है केंद्र ने सभी नागरिकों से प्लास्टिक के बने तिरंगे का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है गृह मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक और खेलक्रद कार्यक्रम के अवसर पर कागज से बने तिरंगे का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए राजीव गांधी विश्वविद्यालय छात्र संघ और राजीव गांधी विश्वविद्यालय शोध विद्वान फॉरम ने विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति में हो रही देरी के खिलाफ परिसर में रैली निकाली गौरतलब है कि दिसंबर दो हजार सत्रह से राजीव गांधी विश्वविद्यालय बिना नियमित कुलपति के कार्य कर रहा है

इन स्टीकरों से वाहन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के प्रकार का पता चल सकेगा मंत्रालय ने न्यायमूर्ति एम बी लोकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि होलोग्राम वाले हल्के नीले रंग के स्टीकर पेट्रोल तथा सीएनजी वाले वाहनों पर और नारंगी रंग के स्टीकर डीजल वाले वाहनों पर लगाये जाएंगे